एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत

अब तक दो लाख सात हजार आठ सौ से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज गुजरात के केवडिया में स्टैच्यु ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई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 राष्ट्र आज लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ पैंतालीसवीं जयंती मना रहा है मुख्य सरकारी समारोह गूजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को नमन किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लडाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की

आज का भारत सीमाओं पर सैंकड़ों किलोमीटर लंबी सड़के बना रहा है दर्जनों ब्रिज अनेक सुरंगे लगातार बनाता चला जा रहा है अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज आज का भारत पूरी तरह सज्ज है प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है पूरी तरह तैयार है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल छपरा समस्तीपुर मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी दी है श्री मयूख ने कहा कि इसके बाद तीन नवम्बर को फारबिसगंज सहरसा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है एनडीए और महागठबंधन के नेता जहां एक ओर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जूटे हैं वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात पड़ोसी देश के मंत्री ने स्वीकार की लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी इस बारे में सबूत मांग रहे थे श्री नड्डा ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त करने के केंद्र के निर्णय पर राहुल के बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में कहते हैं

उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की समस्या के चलते लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जायेगी

कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मध्रबनी जिले के बाब्रबरही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि उनकी सरकार बनी तो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर भारतीय जनता पार्टी को राहत दी है आयोग ने इस मामले को आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन नहीं माना है आयोग ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन देने का वादा करना आचार सहिंता का उल्लंघन नहीं है विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण के लिये कल शाम प्रचार थम जायेगा इस चरण में सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों में तीन नवम्बर को मतदान होगा चुनाव आयोग ने मतदान के लिये सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है इस चरण में एक हजार चार सौ तिरसठ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा इन प्रत्याशियों में एक हजार तीन सौ सोलह पुरूष एक सौ छियालीस महिला और एक ट्रांसजेंडर हैं सबसे अधिक सत्ताईस प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम दरौली विधानसभा क्षेत्र से चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं

बाईट इस विधान सभा चुनाव में समस्तीपुर जिले का हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है

तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ सीट के स्थान पर इस बार हसनपुर से लड रहे हैं तेज प्रताप का यह दूसरा विधान सभा चुनाव है और जीती हुई सीट को बदलने की रणनीति कितनी कारगर होगी यह तो वक्त ही बतायेगा पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विनोद चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे

इस बार आठ प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध में लोक जनशक्ति पार्टी जन अधिकार पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के भी प्रत्याशी हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गया है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार एक सौ छियासी मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख सात हजार आठ सौ ग्यारह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आठ सौ नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या दो लाख सोलह हजार सात सौ चौंसठ हो गयी है

एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत

अब तक दो लाख सात हजार आठ सौ से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात